इस अवसर पर आयोजित कार्यकमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों को वर्चुअल सम्बोधन को राज्य के सभी विकास खण्डों और पंचायतों में सुना गया

उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के बारे में गलतफहमियां दूर करने के लिए राज्य के सभी विकास खण्डों में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे

अमित शाह गुवाहाटी केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम में गुवाहाटी के अमीनगांव में एक कार्यक्रम में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे वे गुवाहाटी में दूसरे मेडिकल कॉलेज की स्थापना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होगें वे असम दर्शन योजना के अंतर्गत वित्तीय मदद प्रदान करेंगे और विकास और सौन्दजर्यीकरण की एक योजना की आधारशिला रखेगें

उन्होंने विश्व में भारत को पहले नंबर की वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने के बारे में भी बताया उन्होंने कहा कि वे कई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को फिर से व्यवस्थित कर रहे हैं

इसमें पचास लाख रूपए से अधिक मासिक टर्न ओवर वाले व्यापारियों को एक प्रतिशत जीएसटी नकद जमा कराने का प्रावधान किया गया है

कोविड देश देश में कोविड रोगियों की संख्या में और कमी आई है और यह कुल संक्रमित लोगों की दो दशमलव सात आठ प्रतिशत रह गई है

उधर प्रदेश में कोरोना के सकिय मरीजों की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है

हर्षवर्द्धन टीका योजना स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्धन ने कहा है कि सरकार ने कोविड का टीका तैयार होने के साथ ही टीकाकरण के लिए चिन्हित समूहों की जल्दी पहचान करने और टीके के समान रूप से वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पिछले कुछ महीनों में व्यापक तैयारी की है उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रााथमिकता के आधार पर कोविड टीकाकरण के लिए तीस करोड़ लोगों की पहचान की है इनमें स्वास्थ्यकर्मी अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मी और साफ सफाई कर्मचारी शामिल हैं

उन्होंने कहा कि कोरोना की गाइड लाइन का सख्ती से पालन करते हुए भीड़ भरे इलाकों में आपस में दो गज की दूरी बनाए रखना मास्क लगाना और समय समय पर हाथ धोना कोरोना के संक्रमण से बचाव में अत्यंत उपयोगी है

श्री मोदी ने एक दवीट में कहा कि श्रीमद भगवद गीता में निहित उत्तम आदशोँ की ज्योति पूरे विश्व में फैली है ये विचार लोगों को पूरी क्षमता के साथ जीवन जीने और करूणामय होने के लिए प्रेरित करते हैं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिकवैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे एजोले ने कल गीता जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए अपने ट्वीट में कहा कि भगवद गीता एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति और ज्ञान का भंडार है सुश्री अजोले ने कहा कि यह यूनेस्को के सहयोग से अनुवादित कृतियों में से एक है उन्होंने कहा कि अर्जुन और श्रीकृष्ण के बीच का संवाद सब के लिए प्रेरणा का श्रोत है सुशासन दिवस आवास एवं शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने सुशासन दिवस के अवसर पर ई संपदा पोर्टल और एक मोबाइल ऐप जारी किया

बांधवगढ टाइगर उमरिया जिले के बांधवगढ नेशनल पार्क में पर्यटकों के लिये बफर से सफर अभियान की वन मंत्री डा कुंवर विजय शाह ने शुरुआत की वन मंत्री ने बफर जोन से हाट एयर वैलून से उडान भरी हमारे उमरिया संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर आयोजित कार्यकम में प्रदेश के वन मंत्री ने कहा कि पर्यटन सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने के साथ ही जिले में आर्थिक गतिविधियों बढेगी जिसका लाभ व्यापारियों को मिलेगा विदेशी पर्यटक भी आकर्षित होगे